केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा उनकी कंपनियों के लिए नियामक इकाई नेशनल फाइनेंशल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरडीए का गठन किया जायेगा उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में बैंकों में फर्जीवाड़ों और घोटालों के सामने आने और इस संदर्भ में सरकार द्वारा लेखाकरों के काम पर सवाल उठाये जाने के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है श्री जेटली ने कहा कि एनएफआरडीए लेखा पेशेवरों के लिए स्वायत्त नियामक निकाय होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी कंपनियाँ सूचीबद्ध कंपनियाँ तथा बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ भी उसके दायरे में आयेंगी केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक हित में किसी अन्य कंपनी से जुड़ी जाँच का जिम्मा भी नियामक को सौंप सकती है उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक सचिव और तीन प्रर्णकालिक सदस्य होंगे नियामक के गठन से घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ने आर्थिक विकास बढ़ने और लेखा पेशे के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक छह लाख युवाओं का कौशल विकास किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल फरवरी तक कौशल प्राप्त तीन लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत नवंबर दो हजार सोलह में की गयी थी इसके तहत वर्ष दो हजार बीस तक एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि कौशल विकास के पाठ्यक्रमों को उद्योग की जरुरतों के अनुरूप तैयार किया गया है और युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को डिजीटल इंडिया और मुद्रा योजना के तहत मदद दी जाती है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके कुशल भारत के तहत युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को डिजीटल सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम दिल्ली के द्वारका और तेलंगाना के सिकंदराबाद में डाटा केंद्र स्थापित किये हैं इन केन्द्रों के माध्यम से डिजीटल सेवाओं को निर्बाध और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा ईपीएफओ के सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि संगठन अंशधारकों को डिजीटल सेवाएं तेजी से और सटीक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है रंग गुलाल और खुशियों का त्योहार होली छिटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया बीती देर रात तक लोग एक द्रसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाईयां देते रहे रंगों के इस त्योहार में सभी वर्गों के लोग भेद भाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिले और बधाईयां दीं इस मौके पर गली मुहल्लों में नवयुवकों और बच्चों की टोली ने होली और लोक गीतों पर नाचते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व का आनंद उठाया उधर प्रशासन ने होली पर्व को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये थे शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर थी गश्ती का काम देर रात तक जारी रहा होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे ने होली विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है आनंद विहार सिकंदराबाद हावड़ा आसनसोल धनबाद न्यू जलपाईगुड़ी पुरी और कोटा के लिए पन्द्रह मार्च तक दस जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है पटना से सिकंदराबाद के लिए होली स्पेशल ट्रेन चार मार्च को आसनसोल के लिए दस मार्च कोटा के लिए चार और ग्यारह मार्च पुरी के लिए आठ और पन्द्रह मार्च के साथ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सात मार्च को ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा वहीं सहरसा से चार और आठ मार्च को जबकि दरभंगा से छह और दस मार्च को अंबाला के लिए जनसाधारण होली विशेष ट्रेन चलेगी इधर लोगों की सुविधा के लिए दानापुर रेल मंडल के तहत रघुनाथपुर बक्सर मेमु ट्रेन का एक महीने के लिए ट्रायल परिचालन एक मार्च से शुरू किया गया है त्रिपुरा मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना आज हो रही है मतगणना की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे शुरू हुई और दोपहर बाद तक परिणाम मिल जाने की उम्मीद है निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं सभी मतगणना केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामान्य और पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में विधानसभा की साठ साठ सीटें हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे दिव्यांग और बीमार परीक्षार्थियों को कम्प्यूटर या लैपटॉप के इस्तेमाल की छूट दी जायेगी सीबीएसई ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है लैपटॉप या कम्प्यूटर इस्तेमाल के लिए परीक्षार्थियों को किसी चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की ओर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आदेश में कहा गया है कि कम्प्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल सीमित रूप से केवल सवालों का जवाब देने के लिए किया जा सकता है

इस अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया रहा है

वन्य जीव दिवस को लेकर पटना के चिड़ियाघर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वैशाली जिले के जनदाहा थाना क्षेत्र के ईट भट्टा पर पिछले सप्ताह हुए लूट के मामले में पूलिस ने दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है अपराधियों से मिली जानकारी के बाद छुपा कर रखा गया दो ट्रैक्टर एक मोटरसाइकिल मोबाईल फोन समेत अन्य सामान जब्त किया गया है इधर पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में क्वीक मोबाईल के जवान को गोली मार कर घायल करने के आरोप में पांच सदिग्धों को हिरासत में लिया गया है राजधानी पटना में थियेटर ओलंपिक आज से शुरु हो रहा है सोलह मार्च तक चलने वाले इस ओलंपिक का आयोजन प्रदेश सरकार के कला संस्कृति विभाग और राष्ट्रीय नाटय विद्यालय एनएसडी नई दिल्ली की ओर से संयुक्त रुप से किया जा रहा है चौदह दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न भारतीय भाषाओं पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाएगा उदघाटन समारोह में अंग्रेजी नाटक मेड इन इल्वा और अंतिम दिन सोलह मार्च को पंजाबी नाटक नोरा प्रस्तुत किया जाएगा मुंबई की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के सेवा निवृत आंतरिक मुख्य लेखा परीक्षक बिष्णुब्रत मिश्र को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच पड़ताल के सिलसिले में चौदह मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है श्री मिश्र पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में दो हजार ग्यारह पन्द्रह की अवधि के लिए खातों की ऑडिट के जिम्मेदार थे उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था सीबीआई अधिकारियों के अनुसार करीब बारह हजार करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में तलाशी के दौरान मुंबई की एक चॉल से एजेंसी ने सहमति पत्र से संबंधित दस्तावेज बरामद किए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टोल प्लाजा पर दिन की पाली में महिला कर्मचारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है अगर यह पहल सफल होती है तो अगले तीन महीनों में प्राधिकरण की ओर से संचालित सभी टोल प्लाजा में इसे लागू किया जाएगा

केन्द्रीय खेल मंत्रालय अलग अलग खेलों के प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और पहचान के लिए पहल कर रहा है केन्द्रीय खेल मंत्री राजवर्द्वन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में कहा कि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों के विकास के लिए कोच बैंक बनाया जायेगा इसमें शामिल खेल प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग दिलाई जायेगी उन्होंने कहा कि इसके तहत विशेष ट्रेनर्स को पहले तैयार किया जायेगा जो निचले और ग्रामीण स्तर पर जाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे